प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं वहीं इस बार कोरोना के कारण सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से प्रचार करने पर भी जोर दिया जा रहा है भाजपा और कांग्रेस के विधायक सांसद तथा पार्टी पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में जूटे हैं

देशभर में आज दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दुर्गा पूजा पर बधाई दी है राज्य में भी दुर्गा अष्टमी का पर्व श्रद्वा भाव से मनाया जा रहा है हमारे करौली संवाददाता ने बताया है कि श्रद्धालुओं को कोरोना के दिशा निर्देशों के साथ प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में दर्शन करवाए जा रहे हैं सीकर जिले की जीण माता में कोरोना के कारण आज अष्टमी का पारंपरिक भोग नहीं लगाया गया और नवरात्र मेला भी आयोजित नहीं किया गया सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है दर्शन करने आए श्रद्वालुओं को कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ दर्शन करवाए जा रहे हैं

दुर्घटना में बस में सवार एक दर्जन व्यक्ति घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई घायलों को दौसा के राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है प्रदेश में आज राजस्व मंडल अजमेर तथा राजस्व न्यायालयों में पहले की तरह कार्य शुरू हो गया है

उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है कोर्ट के संचालन में सरकार के कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों की पालना के निर्देश भी दिये गये हैं

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास फसल की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर की जा रही है

आज विश्व पोलियो दिवस है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक ट्वीट कर कहा कि इस मौके पर हमें प्रत्येक बच्चे को इस बीमारी से बचाने का संकल्प लेना चाहिए